दूसरे दिन द्र्घटना की शिकार एक य्वती का शव प्राप्त हुआ है

अभी भी अन्य लोगों की तलाश जारी है हादसे में प्रभावित यात्री सीधीए रीवाए सिंगरौली व सतना जिले के निवासी हैं

इनमें से तीन यात्री हादसे से पहले ही बस से उतर गए थे

इस संशोधन से आबकारी और खनिज जैसे विभागों में माफियाओं के विरुद्व चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने में मदद मिलेगी अपर म्ख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने बताया है कि नियम संशोधन के पूर्व राज्य सरकार के विभागों में होमगार्ड की तैनाती करने पर वेतन भत्तों का डेढ़ ग्ना भ्गतान करने का बँधन था

कोरोना प्रदेश प्रदेश में लम्बे समय के बाद कोरोना के नये मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है

मौसम मौसम विभाग के अन्सार हवा का रुख बदलने से आज पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनीएबैत्लए बालाघाट जिलों सहित सागरए रीवाएजबलप्र और भोपाल में गरज चमक के साथ आंधीएओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है